मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा रोजगार प्रदान करने और राज्य की आर्थिकी सुदृढ़ करने में फार्मा उद्योग की अहम भूमिका

सम्मेलन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती के आदर्श को अपनाने का आग्रह किया है वे आज शिमला में कृषि विभाग द्वारा शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में बोल रहे थे

आचार्य देवव्रत ने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती किसानों को सुरक्षित करने और उनकी आय दोगुना करने का एक मात्र समाधान है उन्होंने प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए किसानों से भारतीय नस्ल की गाय पालने का आग्रह भी किया सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुरव्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को खुशहाल बनाने की क्षमता रखती है और सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता देगी उन्होंने कहा कि रसायनों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उपजाउ क्षमता समाप्त हो गई है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है मुरव्यमंत्री ने हिमाचल को देश का प्राकृतिक कृषि राज्य बनाने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत पर बल दिया

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी अपने विचार व्यक्त किए

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि राज्य में फार्मा उद्योग और कॉस्मेटिक सैक्टर युवाओं को पर्याप्त रोजगार देने व आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं शिमला में प्रदेश के दवा निर्माताओं और कॉस्मेटिक उद्योग के साथ एक परिसंवाद में आज उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि नियामकों को दवाईयों की गुणवत्ता और क्षमता की दृष्टि से समाशोधन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए विनियामक ढांचा मजबूत होना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे राज्य में अपनी इकाईयां स्थापित कर सकें

उन्होंने कहा कि उपयोग की जाने वाली अधिकतर औषधीयां बददी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में तैयार की जाती है विपिन परमार ने कहा कि दवाईयों का निर्माण वहन करने योग्य और गरीबों की पहुंच में होना चाहिए उन्होंने कहा कि घटिया दवाईयों के उत्पादन में संलिप्त दवा निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीकेअग्रवाल ने कहा कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फार्मा हब के रूप में उभरा है गृह मंत्रालय ध्वज केन्द्र ने सभी नागरिकों से सार्वजनिक रूप से प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया है और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से भी ध्वज संहिता पर कड़ाई से अमल करने को कहा है गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श में कहा है कि राष्ट्र ध्वज भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है इसलिए इसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक तथा खेल समारोहों के अवसर पर जनता को सार्वजनिक रूप से केवल कागज के बने झंडों का ही उपयोग करना चाहिए महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज मण्डी जिले में धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के रोसो कोहण अपर व लोअर पिपली और करनोहल सहित विभिन्न गांवों में जनसमस्याओं का निपटारा किया इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपने छोटे से कार्यकाल में ही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मण्डी जिले में बागवानी की काफी संभावनाएं हैं और बागवानी मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बागवानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है

शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है और शिक्षा ही स्वच्छ समाज का सुदृढ़ आधार है शिमला जिले की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में सांईस ब्लॉक भवन के लोकार्पण के बाद आज उन्होंने ये विचार व्यक्त किए सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेघा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है ताकि विद्यार्थी अपना लक्ष्य हासिल कर सकें इस बीच सुरेश भारद्वाज ने रामपुर उपमंडल के ही दोफदा सरकारी स्कूल में चार दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की और विजेता प्रतिभागियां को सम्मानित किया

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ये जानकारी देते हुए कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही इस राशि को प्रदेश की सभी पंचायतों को जारी किया जाएगा

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इस राशि के उपयोग के बाद केंद्र सरकार इतनी ही राशि दूसरी किश्त के रूप में प्रदान करेगी उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायत का खाता पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पंजीकृत होना चाहिए इससे पहले वीरेन्द्र कंवर ने आज हमीरपुर में यूथ लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यकम और प्रौजेक्ट भारत कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया जनधन योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीब व किसान वर्ग के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है योजना के तहत जीरो वैलेंस से बैंकों में खाता खोलना आसान हो गया है जिससे पैसे का आदान प्रदान करने में भी सुविधा मिल रही है विस्तृत ब्योरा इस रिपोर्ट में डिस्पैच समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना बेहद मददगार साबित हो रही है केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में जीरो बैलंस से बैंक में खाता खुलने पर लोग बचत के हिसाब से इसमें पैसे जमा करवा सकते हैं मजदूर वर्ग का कहना है कि योजना के तहत खाता खुलने पर उनके पैसों की बचत हो रही है

पहले मजदूर व किसान जैसे वर्ग के लिए बैंक खाता खोलना मुश्किल था मगर अब जनधन योजना से जुड़ कर वे अपना खाता खुलवा रहे हैं निश्चित तौर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सहायता राशि भी इन खातों में जमा होने से इस वर्ग को लाभ हो रहा है और यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना भी है सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ मैं प्रभा शर्मा आकाशवाणी समाचार शिमला वीरेन्द्र कश्यप सिरमौर जिले का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र मुख्य डाकघर नाहन में इस वर्ष दिसंबर तक शुरू हो जाएगा सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज और केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा से संसद भवन में मुलाकात के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाने वाला ये प्रदेश का सातवां पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा जो सप्ताह में पांच दिन खुला रहेगा

अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में जर्मनी की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा का कार्यभार देख रहे जर्मन मंत्री क्रिस्टीन हर्टे से मुलाकात की इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधो व व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने सहित अन्य मुददों पर चर्चा की गई अनुराग ठाकुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जर्मनी भारत का एक प्रमुख सहयोगी देश रहा है और यूरोपिय यूनियन में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की हस्त निर्मित वस्तुओं को जर्मन के बाजार में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की बात को भी प्रमुखता से उठाया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि समग्र व संतुलित विकास के लिए भारतीय और स्नातन संस्कृति के मूल तत्वों को अपना जरूरी है सोलन जिले में कण्डाघाट उपमंडल की ममलीग पंचायत में नवनिर्मित गौशाला के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में आज उन्होंने ये बात कही बिंदल ने ग्रामीणों से गायों को बेसहारा न छोड़ने और गौ रक्षा का संकल्प लेने का आग्रह किया विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए

किन्नर कैलाश किन्नौर की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा पर खराब मौसम के चलते जिला प्रशासन ने स्थाई तौर पर रोक लगा दी है किन्नौर के कार्यकारी उपायुक्त अविनेंद्र कुमार ने बताया है कि अब किसी भी यात्री को किन्नर कैलाश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी

चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि दोनों महिलाओं की पहचान सनवाल के चचूल गांव की जुम्मी और कुमारी टंडी के रूप में की गई है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

नमस्कार